अब समाचार विस्तार से कुंभ उत्तरप्रदेश में प्रयागराज में एक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कुम्भ अखाड़ों के शाही स्नान के साथ आज से शुरु हुआ पहले शाही स्नान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

यहां चौदह सौ सीसीटीवी के अलावा इंटीग्रेटिड सेंट्रल कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया गया है कुंभ में महिला श्रद्वालुओं के लिए पहली बार तीन महिला पुलिस यूनिट तैनात की गई हैं

मेला अधिकारी के अनुसार आज करीब सवा करोड़ लोगों के मेले में पहुंचे की संभावना है कुंभ में स्वच्छता का खास ध्यान रखते हुए एक लाख बीस हजार शौचालय बनाए गए हैं यहां डेढ़ हजार सुरक्षा गृही और बीस हजार कर्मी सफाई के लिए लगाए गए हैं कुछ देर बाद कृम्भ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का एफएम रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवाणी ने पहली बार कृम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है

आज से किसानों से आवेदन लिये जाने का सिलसिला शुरू हो जायेगा

उन्होंने कल मंत्रालय में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी संभागायुक्तों तथा कलेक्टर्स से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की

इस संबंध में उन्होंने दूर दराज के जिलों डिण्डौरी अलीराजपुर सिंगरौली श्योपुरकलां के कलेक्टरों से विशेष रूप से बातचीत कर आवेदन पत्र प्राप्त होने संबंधी जानकारी प्राप्त की

ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बरई चीनोर और भीतरवार में आज ऋणमाफी फार्म भरवाने के लिए शिविर लगाये जा रहे हैं इनमें पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव भी शामिल होंगे वहीं भिंड जिले में भी आज से मुख्यमंत्री ऋणमाफी योजना का शुभारंभ होगा इस मौके पर जिला सहित खंड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मुरैना में भी आज से ऋणमाफी योजना के तहत किसानों से आवेदन लेने का सिलसिला शुरू हो जायेगा मोदी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार तीन मूलभूत बिन्दुओं पीपुल प्रॉफिट और प्लानेट पर केन्द्रित है पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का चयन देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया है इसमें कहा गया है कि अथक ऊर्जा के साथ भारत के लिए की गई उनकी निःस्वार्थ सेवा के कारण देश ने आर्थिक सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में असाधारण विकास किया है मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों का प्रशस्ति पत्र में विशेष उल्लेख किया गया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजे जाने पर बधाई दी है

जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पाक्स पोलियो और मात शिश् टिटनेस बीमारी का अंत किया गया है उसी प्रकार मीजल्स रूबेला का भी अंत किये जाने का संकल्प लिया गया है

भोपाल में जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा भेल दशहरा मैदान में मीजल्स रूबेला अभियान का शुभारंभ करेंगे श्री शर्मा इस मौके पर यूनीसेफ के सहयोग से संचालित मीजल्स रूबेला जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो रही है

अभियान का शुभारंभ ग्वालियर के शासकीय पद्मा कन्या विद्यालय से किया जायेगा

मकर संक्रांति प्रदेश भर में आज मकर सकांति का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही ये पर्व मनाया जाता है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मकर संक्रांति महापर्व पर आज परंपरा अनुसार बाबा महाकाल का तिल जल से स्नान होगा और तिल गुड का भोग भी लगाया जायेगा उज्जैन में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए विशेष इंतजाम किये गये है

वहीं विदिशा में भी मकर संक्रांति पर्व पर बेतवा नदी में पानी छोड़ा गया है जिससे यहां बने विभिन्न घाटों पर श्रद्वालु स्नान कर सके उधर होशंगाबाद के सेठानी घाट पर भी सुबह से ही श्रद्वालुओं के पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने का सिलसिला जारी है

हज सीटों का आवंटन हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित जिलेवार कोटे के अनुसार किया जायेगा

लिटरेचर फेस्टिवल जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अच्छे साहित्य को शांति और सदभाव के लिए बहत आवश्यक बताया है उन्होंने कल भोपाल के भारत भवन में प्रथम भोपाल लिटरेचर एण्ड आर्टस फेस्टीवल के समापन अवसर पर यह बात कही

जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारत भवन में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है